वह सबसे पहले आज सवेरे अहमदाबाद गये जहां उन्होंने जायडस बायोटेक पार्क में जायडस कैडिला फार्मास्प्रिटिकल्स कम्पनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया उसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद गये वहां उन्हॉने जिनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का दौरा किया और वहां के वैज्ञानिकों से मुलाकात कर टीके के उत्पादन तथा आपूर्ति के बारे में चर्चा की सबसे अन्त में वह प्णे पहंचे जहां उन्होंने वैक्सीन निर्माण में हयी प्रगति का जायजा लिया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज प्रदेश सरकार के धर्मातरण कानून को मंजूरी प्रदान कर दी इस कानून के प्रस्ताव को पिछली चौबीस नवम्बर को मंत्रिमण्डल की बैठक में स्वीकार किया गया था जिसके बाद मंजूरी के लिये राज्यपाल के पास भेजा गया था राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रमावी हो गया है अब इस अध्यादेस को छः माह के अन्दर विधानमण्डल के दोनों सदनों में पारित कराना होगा नये कानून के अनुसार अलग अलग धर्म के युवक और युवती को विवाह के लिये दो माह पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी बगैर अनुमति विवाह करने वाले युगल को छः माह से तीन साल की जेल और कम से कम दस हजार रूपये जूर्माने की सजा भूगतनी पड़ सकती है नाम और धर्म छिपाकर विवाह करने वालों के लिये दस साल की कैद का प्रावधान अध्यादेस में रखा गया है इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने के मामले में पांच साल की जेल और पन्द्रह हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है बड़ी संख्या में धर्मातरण के मामले में र्तीन से दस साल की जेल और न्यूनतम पचास हजार रूपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन मौसम में तीन सौ दस लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है यह पिछले वर्ष के मुकाबले अट्ठारह दशमलव सात आठ प्रतिशत अधिक है इसमें से दो सौ दो लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब से ही की गई है जोकि कुल खरीद का पैंसठ दशमलव दो चार प्रतिशत है कृषि मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात आंध्र प्रदेश ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारु रूप से जारी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे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

यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबइल ऐप पर भी सुना जा सकता है इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा

पिछले चौबीस घंटों में इकतालिस हजार चार सौ बावन रोगी स्वस्थ हए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड से अब तक ठीक होने वालों की संख्या सतासी लाख उन्सठ हजार से अधिक हो चुकी है देश में रोगियों की संख्या चार लाख चौवन हजार से अधिक है जो कुल मामलों का केवल चार दशमलव आठ सात प्रतिशत है पिछले चौबीस घटों में कोविड के इकतालिस हजार तीन सौ बाईस नये रोगी सामने आए इन्हें मिलाकर कल मामलों की संख्या तिरानवे लाख इक्यावन हजार को पार कर गई है मंत्रालय ने कहा है कि जांच उपचार और संपर्क की सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढी है और मृत्यु दर में कमी आई है देश में कोविड की मृत्यु दर एक दशमलव चार छह प्रतिशत है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहत कम है पिछले चौबीस घंटों में हई चार सौ पचासी मौतों को मिलाकर इस महामारी से अब तक एक लाख छत्तीस हजार दो सौ लोगों की मौत हो चुकी है भारतीय आयर्विज्ञान अनुसंघान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में ग्यारह लाख सत्तावन हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई अब तक देश में तेरह करोड बयासी लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है